पहले घंटे में औसतन चार प्रतिशत मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतार

प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों पूर्णिया भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है इन निर्वाचन क्षेत्रों में छियासी लाख से अधिक वोटर तीन महिला उम्मीदवारों समेत अड़सठ उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे मतदान के लिए कुल आठ हजार छह सौ चौवालीस पोलिंग ब्रथों बनाये गये हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है मतदान केन्द्रों पर यूवा महिला सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है मतदान को लेकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है पहले घंटे की मतदान समाप्ति के बाद औसतन चार प्रतिशत मतदान हुआ है भागलपुर में सबसे अधिक सात प्रतिशत जबकि पूर्णिया और बांका में चार चार प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है किशनगंज साढ़े तीन और कटिहार में तीन प्रतिशत मतदान की खबर है इस चरण के चुनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें कांग्रेस तारिक अनवर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव और निर्दलीय पुतुल कुमारी प्रमुख हैं इन दिग्गजों के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री दुलालचंद्र गोस्वामी पूर्णिया के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्प् सिंह और किशनगंज से कांग्रेस के निवर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद भी किस्मत आजमा रहे हैं स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सैंतीस हजार कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है पोलिंग ब्रथों पर सुरक्षा की दृष्टि से अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी तैनात किया गया है श्री सिंह ने बताया कि बांका में एक सौ सत्तर और भागलपुर में सोलह मतदान केन्द्र नक्सल प्रभावित इलाके में हैं जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं वहीं दो हजार दो सौ पच्चीस मतदान केन्द्र अति संवेदनशील हैं जहां माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गयी है श्री सिंह ने बताया कि भागलपुर जिले के गोपालपुर बिहपुर और नवगछिया जैसे दियारा इलाको में घुड़सवार और नाव द्वारा गश्ती की जा रही है उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्णिया में हेलीकाप्टर की तैनाती गयी है वहीं पटना में एक एयर एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है अपर मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बांका जिले के नक्सल प्रभावित कटोरिया और बेलहर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे समाप्त हो जायेगी जबकि शेष अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक होगा अपर मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एक सौ साठ मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का प्रसारण किया जा रहा है सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है वहीं मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव को देखते हुए सीमा के दोनों ओर से आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को चालू रखने की अनुमति दी गयी है आज जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उनके अधिकांश इलाके नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं दूसरे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग नियंत्रण कक्ष के द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हो रहे दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है उन्होंने विशेष कर युवा और पहली बार मतदान कर रहे वोटरों से उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने को कहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है पांचवे चरण के तहत सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह मई को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख है बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बाईस अप्रैल तक पर्चे वापस लिये जा सकते हैं इस चरण के तहत अब तक अठासी उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अब छह करोड़ दस लाख रूपये नकद जब्त किये गये हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल से लगी सीमाओं के पास से तैंतीस लाख रूपये मूल्य के नेपाली करेंसी भी जब्त किये गये हैं वहीं छप्पन हजार लीटर शराब नब्बे किलो गांजा साढ़े चार किलो चरस और साढ़े तेरह किलो अफीम बरामद की गयी है भाजपा ने चौथे और पांचवे चरण के चुनाव के लिए चालीस चालीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता शामिल है विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी राजद में शामिल हो गये हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी प्रदेश में आंधी भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा टल गया है मौसम विभाग ने कहा है कि काल वैशाखी के कारण बना सिस्टम कमजोर पड़ गया है जिस कारण आंधी और ओलावृष्टि की संभावना खत्म हो गयी है हालांकि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है पटना और गया समेत दक्षिणी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे वहीं प्रदेश के पूर्वी इलाकों भागलपुर पूर्णिया और कटिहार में भी कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है अब छात्र बिना विलंब शुल्क के इक्कीस अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे एनआईए की टीम ने बहुचर्चित एकेसैंतालीस राइफल तस्करी मामले के मुख्य आरोपी मंजर के झारखंड के रामगढ़ स्थित ससुराल में छापेमारी की है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच टीम को घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मंजर के परिजनों से भी पूछताछ की मंजर अपने साले तनवीर आलम की मदद से हजारीबाग से हथियारों की तस्करी करता था बेंगलूरू के एक फैक्ट्री में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट में मुजफ्फरपुर के तीन मजदूरों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर नेताओं की आमदनी का पता लगाने के लिए स्थायी तंत्र बनाने के वास्ते और समय की मांग की दैनिक जागरण की सुर्खी है कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर समेत पांच सीटों पर वोटिंग आज दैनिक भास्कर ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है चारा घोटाले में मदद की शर्त पर नीतीश को छोड़ भाजपा के साथ आने को तैयार थे लालू प्रभात खबर लिखता है अमित शाह ने बागी सांसद सतीश चन्द्र दूबे और विधान पार्षद सच्चिदानंद राय को विशेष विमान से भुवनेश्वर बुलाया राष्ट्रीय सहारा लिखता है बारिश आंधी से चार राज्यों में पचास की मौत आज की सुर्खी है जेट एयरवेज की सभी उड़ानें आज से बंद

पहले घंटे में औसतन चार प्रतिशत मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतार